विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन से मुलाकात के दौरान ये आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में सात अन्य ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक केंद्र को मंजूर करने का भी आग्रह किया

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली की नई वैबसाईट का शुभारम्भ किया शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस वैबसाईट के शुरू होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा मिलेगी इस वैबसाईट के माध्यम से एक विद्यार्थी एक से ज्यादा फार्म भर सकता है उन्होंने कहा कि संजौली महाविद्यालय विद्यार्थियों को कैशलेस और पेपरलैस सुविधा उपलब्ध करवाने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज है बादल फटा चंबा ज़िला की जांधी पंचायत में बीती रात हुई बादल फटने की घटना में व्यापक नुकसान हुआ है इस घटना में लगभग आधा दर्जन घरों में मलबा घूस गया और कई दुकाने भी इसकी चपेट में आ गई प्राथमिक स्कूल जांधी का परिसर भी मलबे और कीचड़ से भर गया है जिस कारण स्कूल में आज छुट्टी घोषित करनी पड़ी जानकारी के अनुसार बादल फटने से आई बाढ़ से स्थानीय लोगों ने मुश्किल से जान बचाई लोगों की मांग है कि जांधी नाले के चैनलाईजेशन के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए क्योंकि यहां पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है इस बीच चंबा के विधायक पवन नैयर ने आज घटना स्थल का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया जाला राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पद शीघ भरने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं जाला ने प्रदेश सरकार को हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम को सख्ती से लागू करने को भी कहा जाला आज शिमला में मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ सफाई कर्मचारियों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सफाई कर्मचारियों की करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी दिए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने इस मौके पर राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी शिमला में बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर चिंता जताई है पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने आज एक ब्यान में कहा कि शिमला में यातायात व्यवस्था को पुलिस और प्रशासन नहीं संभाल पा रहा है जिस कारण पर्यटकों में गलत संदेश जा रहा है उन्होंने दावा किया कि शिमला की खस्ता हाल ट्रैफिक व्यवस्था के चलते यहां पर्यटकों की आमद में भी यकायक कमी आ गई है किमटा ने कहा कि शिमला में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिससे पर्यटक शिमला का भरपूर आनंद ले सके दुर्घटना किन्नौर में मूरंग पुल के पास आज सुबह एक जीप के सतलुज नदी में गिरकर बह जाने से दो लोग लापता हो गए इस घटना में लापता हुए दोनों व्यक्ति बसंत कुमार और जीवन मूरंग के रहने वाले हैं किन्नौर की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने कहा कि इस दुर्घटना में लापता दोनों व्यक्तियों को ढूंढने के लिए खोज अभियान जारी है लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है उन्होंने ये भी कहा कि सतलुज का बहाव काफी तेज है और जिस स्थान पर ये दुर्घटना हुई है वहां सड़क किनारे न तो पैराफिट है और न ही क्रैश बैरियर है यहां पहले भी इसी तरह तीन दुर्घटनाएं हो चुकी है लोगों की मांग है कि यहां तुरंत क्रैश बैरियर या पैराफिट लगाए जाएं राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरीयाल निशंक से मुलाकात की राज्यपाल ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी का त्यौहार आज प्रदेशभर में ध्रमधाम से मनाया गया इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह मीठे पानी की छबीले लगाई गई और फल भी बांटे गए शिमला में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने इस मौके पर शहर में जगह जगह छबीले लगाई